प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कम वर्षा व बर्फबारी के कारण पैदा हुए सूखे जैसे हालात पर चिंता जताई और कहा कि सरकार द्वारा इनसे निपटने के लिए तैयारिया की जा रही है महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि इस बार यदि वर्षा न हुई तो प्रदेशवासियों को जबरदस्त सूखे का सामना करना पड़ेगा ऐसे में सूखने वाली पेयजल योजनाओं को उन दूसरी पेयजल योजनाओं से लिंक किया जाएगा जिनमें पानी मौजूद होगा उन्होंने विधायकों से कहा कि सूखे से निपटने के लिए भविष्य में उठाए जाने वाले इस तरह के कदमों का वह विरोध न करें

उन्होंने कहा कि मिशन के तहत हिमाचल को मिली धनराशि को प्रदेश सरकार ने खर्च कर दिया है और अब केंद्र के पास प्रोत्साहन राशि के लिए मामला उठाया है

मुख्यमंत्री आज शिमला में स्वर्णिम हिमाचल समारोह और रथ यात्रा से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के गौरवशाली इतिहास के बारे में युवाओं को शिक्षित करने में विशेष बल दिया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्थानीय कलाकारों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए जयराम ठाकुर प्रदेश सरकार राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कई कदम उठाऐ गऐ है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से ऊना जिले के बाथडी पोलिया पंडोगा मैहतपुर और गगरेट में खनन पड़ताल चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चौकियों सहित अन्य आवश्यक उपकरणों के निर्माण के लिए एक करोड़ रूपये से अधिक की राशि खर्च की गई है उन्होंने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कड़ी सजा का प्रावधान किया है इस अवसर पर बाथड़ी में आयोजित कार्यक्रम में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि ये खनन पड़ताल चौकियां अवैध खनन और पड़ोसी राज्यों में अवैध खनिज के यातायात को रोकने में साहयक सिद्ध होंगी

आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी पारदर्शिता के साथ उम्मीदवारों को इस चुनाव में उतारेगी